केन्द्र सरकार ने टीकाकरण की गति और इसका दायरा बढाने के उद्देश्य से विदेशी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को दी अनुमति राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आज रांची के सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण कहा मरीजों को सभी चिकित्सीय सुविधायें करायी जाएंगी उपलब्ध

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो संदेश के जरिये इसका शुभारम्भ करेंगे रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में इसमें हिस्सा लेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी बाद के किसी सत्र में सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे सम्मेलन के दौरान अगले चार दिनों में विश्व के लिए समसामयिक महत्व के पांच प्रमुख विषयों पर परिचर्चा की जाएगी

इस अवसर पर श्री मोदी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर किशोर मकवाना की लिखी चार पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे

सम्मेलन के दौरान कुलपतियों का राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया जा रहा है

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया उन्होंने कोविड वार्ड और आईसीयू का जायजा लेने के साथ यहां भर्ती मरीजों से बात कर उनकी परेशानियों को जाना बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं अथवा जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिया स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है

मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने कहा कि जिन व्यक्तियों में बुखार खांसी बदन में दर्द थकावट सूंघने की शक्ति खत्म स्वाद की शक्ति खत्म सांस लेने में कठिनाई दस्त पेट की तकलीफ आदि लक्षण दिखाई देता है तो निबंधित चिकित्सक के मार्गदर्शन में इस प्रकार की दवाओं का सेवन प्रांरभ किया जा सकता है इसमें पैरासीटामोल विटामिन सी टैबलेट सेलिन डॉक्सीसिलीन जिंक टैबलेट सहित अन्य दवाएं शामिल हैं इसके अलावा पांच बार गुनगुना पानी में नमक डालकर या बेटाडीन से गरारा और हल्दी वाले दूध का सेवन करें इसके साथ चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें परिवार के हर सदस्य का टेस्ट करायें तथा कोविड समुचित व्यवहार का पालन करें

उन्होंने एनएचएआई के परियोजना निदेशक को इस प्रमंडल के तहत आनेवाले तीनों जिले के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर भू अर्जन कार्य एवं रैयतों को मुआवजा राशि के भुगतान से जुड़े मामलों को निपटाने का निर्देश दिया

जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज शहरी इलाके में सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक किया

वे जम्मू कश्मीर में परिसीमन कार्य की देखरेख से संबंधित आयोग के सदस्य भी हैं

ई सांता एक ऐसा बाजार है जो मत्स्य पालको और संबंधित खरीददारों को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच उपलब्ध करायेगा

दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी और हिलाल कमेटी ने कल शाम इसकी घोषणा की इस्लामिक कैलेण्डर के अनुसार रमजान नौवां महीना है और इसका समापन इदु उल फितर के साथ होता है खाड़ी देशों में आज रमजान का पहला दिन है

श्री मोदी ने कहा है कि इन शहीदों के साहस वीरता और बलिदान से हर भारतीय को ताकत मिलती है

आकाशवाणी के एआईआर युट्यूब चैनल पर भी यह उपलब्ध रहेगा

इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वासंतिक नवरात्र को लेकर राज्यवासियों को शुभकामनायें दी है

सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना की वजह से इस वर्ष भी मुख्य मंच पर राजकीय छऊ महोत्सव नहीं होगा

ग्मला जिले में सरहल और रामनवमी त्योहार को लेकर आज शांति समिति की बैठक हुई